मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने धर्मशाला में उपचुनाव की तैयारियों का लिया जायजा

सांसद रामस्वरूप शर्मा का युवाओं से नए भारत की आवाज बनने का आहवान

प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रचार में प्री ताकत झोंक रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सिरमौर ज़िला में विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए वोट मांगे उन्होंने बाद में पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के बरवाला और कालका विधानसभा क्षेत्र के चौहान चौक में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोंधित किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी गंगू राम मुसाफिर के लिए वोट मांगे निर्दलीय प्रत्याशी दयाल प्यारी अपने समर्थकों संग डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं उधर धर्मशाला में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी आज अलग अलग स्थानों पर चुनाव प्रचार कर भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया के लिए वोट मांगे कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार और ठाकुर सिह भरमौरी ने आज कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र कर्ण के पक्ष में प्रचार किया देवेश कुमार इस बीच प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने आज धर्मशाला में नोडल अधिकारियों के साथ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी प्रबंध समय पर पूरा करने और अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करने के निर्देश दिए धुमल इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि कांग्रेस को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है तो उसे ठोस मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है फिर चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करने पर धूमल ने कहा कि कांग्रेस केवल कागजी अधिसूचना जारी कर राजधानियां बनाती है जबकि भाजपा व्यवहारिक रूप से काम करके लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं दूसरी ओर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर राज्य के निचले इलाकों से भेदभाव का आरोप लगाया है धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर धर्मशाला को फिर से राजधानी का दर्जा दिया जाएगा और यहां कार्यरत कर्मचारियों को भी राजधानी भत्ता मिलेगा

ये विशेष अवकाश सभी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों और बोर्ड निगम शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत मुकेरियां विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए लागू होगा दैनिक भोगी कर्मचारियों को भी इस दिन सवेतन अवकाश रहेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सिरमौर ज़िला के बड़ साहिब गुरूद्वारा में माथा टेका और शबद कीर्तन में भाग लिया मुख्यमंत्री ने कलगीधार ट्रस्ट बड़ साहिब के संस्थापक बाबा इकबाल सिंह किंगरा से भी भेंट की तथा ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक गतिविधियों की सराहना की इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित थे करवा चौथ करवा चौथ का पर्व कल प्रदेशभर में ध्मधाम से मनाया जाएगा इस पर्व को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है महिलाओं ने आज भी दिनभर जमकर खरीदारी की और हाथों में मेंहदी लगवाई करवाचौथ के दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की दीर्घआयु की कामना करती है करवाचौथ के लिए प्रदेश सरकार ने महिलाओं को अवकाश की घोषणा की है इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को करवाचौथ पर्व की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला स्थित दीन दयाल क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरिक्षण किया राज्यपाल ने इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया और रोगियों तथा उनके तीमारदारों से भी बातचीत की राज्यपाल ने अस्पताल प्रशासन को सभी सुविधाओं पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार से बातचीत कर अस्पताल में और ज्यादा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकें उन्होंने अस्पताल के पुराने भवन का भी निरीक्षण किया और कहा कि इसके स्थान पर नया भवन बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है राज्यपाल ने अस्पताल के लिए अलग से रक्तदान वैन और विशिष्ट सेवाओं के लिए रोगी वाहन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए राज्यपाल ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था और वहां कार्यरत स्टॉफ के सेवाभाव पर भी संतोष जताया रामस्वरूप जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में आज युवा संसद का आयोजन किया गया इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि युवा संसद का उदेश्य विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी देना उनका संरक्षण करना भावी नेतृत्व तैयार करना और देश की संसद की कार्यवाही के बारे में जनसाधारण को जानकारी देना है उन्होंने युवाओं से नए भारत की आवाज बनने का आहवान किया इस मौके पर छात्र छात्राओं ने संसद की कार्यवाही के माध्यम से विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को छुआ

फूल यात्रा जनजातीय क्षेत्र पांगी का फूल यात्रा उत्सव ध्मधाम से आरम्भ हो गया स्थानीय विधायक जियालाल कपूर ने तीन दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारम्भ किया कपूर ने इस मौके पर किलाड़ स्थित सिविल अस्पताल के लिए विधायक क्षेत्र निधि से एक एम्बुलेंस भेंट की उन्होंने आज बाल बालिका आश्रम किलाड़ में बच्चों को फल भी बांटे

जैन ने इस मौके पर कहा कि बीएसएनएल टैलीकॉम सेवाओं के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को निभाने के लिए हर वर्ष इस शिविर का आयोजन करता है इससे शिमला के अस्पतालों खासकर आईजीएमसी में सर्दियों में खून की कमी पूरी करने में मदद मिलती है रक्तदान शिविर से पहले बीएसएनएल अधिकारियों व कर्मचारियों ने तारघर से रिज मैदान तक एक रोड शो का भी आयोजन किया

मेले के प्रबंधों को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त व मेला कमेटी के अध्यक्ष अमित कश्यप ने कहा कि इस ऐतिहासिक मेले के सफल आयोजन के लिए पुलिस व प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों का सहयोग भी जरूरी है उपायुक्त ने मेले के दौरान कानून व्यवस्था और यातायात सुचारू बनाए रखने तथा जुए पर रोक लगाने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है